आकाशवाणी से मन की बात कार्यकम में श्री मोदी ने कहा कि ये नये भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंसा से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता उन्होंने कहा कि किसी समस्या का समाधान नई समस्या खर्डी करके नहीं किया जा सकता श्री मोदी ने हिंसा और हथियारों के जरिये समस्या का समाधान दूंढने वालों से मुख्यघारा में लौटने की अपील की

प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण में लोगों की भागीदारी की सराहना की उन्होंने कहा कि देश के हर कोने में जल संरक्षण के व्यापक और नये नये प्रयास किये जा रहे है श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष शुरू किया गया जल शक्ति अभियान जनभागीदारी से तेजी से सफल हो रहा है प्रधानमंत्री ने प्रदेश के जालोर जिले में इस अभियान के तहत हुई प्रगति का जिक किया

राज्यस्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित हुआ जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने झंडारोहण किया वहीं जिला मुख्यालयों पर आयोजित समारोहों में विभिन्न मंत्रियों संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों ने तिरंगा फहराया

उल्लेखनीय सेवाओं के लिए अधिकारियों कर्मचारियों और अन्य लोगों को सम्मानित किया गया गणतंत्र दिवस पर कल राज्यपाल ने राजभवन में स्वल्पाहार दिया इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंत्रीगण स्वतंत्रता सेनानी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे

इसका उद्देश्य लोगों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए प्रेरित करना और देखो अपना देश की भावना पैदा करना है

इसमें प्रवेश निःशुल्क रखा गया है दर्शकों को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा जयपूर में कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज मिलने का मामला सामने आया है रोगी को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में अलग से बनाये गये वार्ड में रखा गया है चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघू शर्मा ने बताया कि यह संदिग्ध रोगी अपनी एमबीबीएस डिग्री पूरी करने के बाद चीन से वापस भारत आया है

गौरतलब है कि केरल हैदराबाद और मुम्बई में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज मिलने के बाद देशभर में अलर्ट जारी कर दिया गया है कोटा में कोन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कल साढे चार करोड रूपये की अफीम बरामद की है ब्यूरो की टीमों ने इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है

प्रदेश में कई स्थानों पर एक बार फिर मौसम में बदलाव देखा जा रहा है बीकानेर में आज सुबह से रूकरूक कर बारिश हो रही है इससे पहले कल रात को बादल छाने और सर्द हवाएं चलने से सर्दी का असर बढ गया इधर जैसलमेर में भी आज सुबह से रूकरूक कर बारिश का दौर जारी है